पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल के जवानों की सराहना की

उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार की तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है और दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सहित महामिलावटी गठबंधन अलगाववाद और नामदारों का साथ देने के अलावा सैनिकों के विशेषाधिकार अफस्पा कानून का खत्म करने के पक्षधर हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है

आज ऊना में एक चुनाव जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण समाज के हर वर्ग को नुकसान हुआ है खासतौर पर किसान और व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जबकि छोटे किसानों को कर्ज न चुकाने के लिए सजा दी गई राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी जनसभा में किसान महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल पाते हैं और सिर्फ गांधी परिवार को ही कोसते हैं उन्होंने एनडीए सरकार पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई पर आधारित वायदे कर उन्हें पूरा करती है रैली को वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पार्टी उम्मीदवार रामलाल ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया

ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव में जीत हासिल करती रही

उधर लाहौल स्पिति जिले की सिस्सु और गोंधला ग्राम पंचायतों में आज स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी चौधरी ने लोगों से शत प्रतिशत मतदान करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि घाटी में सड़कों को खोलने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाई गई है

उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूवाओं के साथ धोखा किया

सम्मेलन के बाद युवा कार्यकर्ताओं ने रोड शो भी निकाला

घायल घंडूरी निवासी विशाल का सोलन के अस्पताल में ईलाज चल रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है